इनमें गांधी मेडिकल कॉलेज की दो जूनियर डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मचारी पॉजीटिव पाये गये

उज्जैन में कोई नया मरीज नहीं मिला है

गुना जिले में अभी तक कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है

इस बीच शहर में मिले दूसरा संक्रमित मरीज के स्वस्थ होने के बाद कल उसे डिस्चार्ज कर दिया गया पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की है उधर सिवनी में लॉकडाउन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि की होम डिलेवरी शुरू कर दी है इसके तहत बैंक कर्मचारी और पोस्ट मास्टर पंचायत सचिव की सहायता से हितग्राही के घर पेंशन राशि पहॅचा रहे हैं

उधर डिण्डोरी संयुक्त कलेक्टर को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है

निवाड़ी जिले में भी स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लगातार स्वास्थ्य जांच की जा रही है अभी तक जिले में एक भी संकमित मरीज नहीं मिला है बैतूल और अनूपपुर जिले में लोगों के लिए मॉस्क पहनना अनिवार्य किया गया है

इसके मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है

इन्हें एक माह का निशुल्क उचित मूल्य राशन राज्य सरकार के कोटे से चार किलो गेहूँ एवं एक किलो चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रदान किया जाएगा

उन्होंने बताया कि बिना पात्रता पर्ची वाले सभी व्यक्ति सुविधानुसार अपने आस पास की किसी भी उचित मूल्य दुकान से यह राशन प्राप्त कर सकेंगे मुख्यमंत्री बैंक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के चलते प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है कई स्थानों को सील भी किया जा चुका है ऐसे में जनता को आवश्यकता के लिए नगद राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंके घर पहुँच सेवा प्रदान करें श्री चौहान ने कहा कि खाताधारकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि गाँव में ही निकालने की सुविधा भी प्रदान की जाए बैंकों के ए टीएम में पैसे रहें डिजिटल भुगतान को प्रेरित किया जाए इस कार्य के लिए बैंक अपनी शाखावार तथा ग्रामवार माइक्रो प्लानिंग करें किसान राहत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए राहत कदमों की समीक्षा के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की

उन्होंने राज्यों से कृषि संबंधित गतिविधियों में छूट के प्रति क्षेत्रीय एजेंसियों को संवेदनशील बनाने और कृषि उपज कृषि उत्पाद उर्वरक और कृषि उपकरणों एवं मशीनों की आवाजाही की अनुमति देने को कहा

द्रदर्शन चैनल द्रदर्शन तीन अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले चैनलों के रूप में उभर कर आया है प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद बीएआरसी के अनुसार रामायण और महाभारत धारावाहिकों के प्रसारण की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसमें दूरदर्शन के शक्तिमान और बुनियाद जैसे पुराने धारावाहिकों का प्रसारण भी महत्वपूर्ण रहा हालांकि निजी प्रसारणकर्ताओं ने भी अपने अपने चैनलों के दर्शकों में काफी वृद्धि होने की खबर दी है

इस अवसर पर गुना और जबलपुर सहित सभी जिलों में इसाई समुदाय द्वारा घरों में रहकर ही विशेष प्रार्थना की जा रही है